देश में कोरोना के मामले बीते क्छ दिनों से बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आहवान किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टीका उत्सव को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कोविड मामलों में बढ़ौतरी के दृष्टिगत कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ये बात कही इस बीच र्सालन के उपायुक्त के सी चमन ने बताया कि टीकाकरण महोत्सव के दौरान सौ केन्द्रों में ये वैक्सीन लगाई जाएगी

हर्षवर्धन केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि होम्योपैथी देश में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने होम्योपैथी की लोकप्रियता पर संतोष व्यक्त किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड के उपचार केन्द्रों में महामारी से निपटने के लिए आयुष चिकित्सा प्रणाली की औषधियों का भी उपयोग किया गया और इसके अच्छे नतीजे भी सामने आये उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के महत्व को स्वीकार किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य व कल्याण मंत्री ने कहा कि इसके लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं का विकास करने आयुष औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और संस्थाओं की क्षमता बढाने का भी लक्ष्य रखा गया है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिनका लाभ सीधे तौर पर ज़रूरतमंद महिलाओं को मिल रहा है

बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की कलोहा पंचायत में महिला मोर्चा व किसान मोर्चा सहित विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में ये बात कही उन्होंने इस बैठक में पदाधिकारियों से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आहवान भी किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर किसानों व बागवानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है

राठौर ने सरकार से किसानों बागवानों के लिए उर्वरकों कीटनाशकों सहित अन्य आवश्यक उपकरण सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने की मांग भी की उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार बढ़ी हुई कीमतों को वापिस नहीं लेती तो प्रदेश कांग्रेस किसानों बागवानों के हितों के लिए आंदोलन भी करेगी कोरोना अपडेट प्रदेश प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार दर्ज की जा रही है

चंबा अभियान चंबा जिले के अनछ्ए पर्यटन स्थलों से पर्यटकों को रूबरू करवाने और स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर सुजित करने के उददेश्य से चलो चंबा अभियान चलाया गया है

द्वनीचंद राणा ने बताया कि चंबा के मेलों और जातरों को भी चलो चंबा अभियान के साथ जोड़ा जाएगा